उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है और इसका मकसद देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है

इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की विचांखारा और कार्यक्रमों को प्रचारित करने का आहवान किया ताकि आम लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके उन्होंने कहा कि पार्टी का मूल मंत्र पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का विकास है

राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्भो स्थानों पर स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए समी तैयारियां पूरी कर ली हैं

मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा और इसके बाद एक घंटे तक कोरोना संक्रमित मरीज अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं

न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की

अनुराग केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने आज सीविल अस्पताल देहरा में कोविड टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृशल प्रबंधन और प्रयासों से देश के हर आम नागरिक को कोरोना का टीका आसानी से उपलब्य हो रहा हैं

राज्यपाल चण्डीगढ़ में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलीन रोवेट ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस दौरान राज्यपाल ने आपसी सहयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की राज्यपाल ने कैरोलीन रोवेट को सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित शिक्षा परिवहन पर्यटन और नवीनकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आपसी सहयोग के साथ काम करने का सुझाव दिया बंडारू दत्तात्रेय ने ब्रिटिश विश्वविद्यालयों और हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बीच स्टड़ी एक्सचेंज कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया राठौर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर नगर निगम चुनावों में सरकारी मशीनरी का द्रूपयोग करने का आरोप लगाया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलदीप राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों को ैसंबोधित करते हुए कहा कि जनता भाजपा की जनविरोधी नींतियों के बारे में जान चुकी है और नगर निगम चुनावों में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा उन्होंने दावा किया कि इन चारों नगर ैनिगमों में कांग्रेस पार्टी ॅ अपनी जीत का परचम लहराएगी राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार को इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की सलाह भी दी

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चअल माध्यम से आयोजित होगा